केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से अस्पतालों में चिकित्सकों व अन्य कर्मियों के रिक्त पद भरने का परामर्श किया जारी प्रदेश के अनेक भागों में मॉनसून सक्रिय वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को लेकर समग्र दृष्टिकोण से कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देश विदेश में आयोजित रोड शो और उद्यमियों से मुलाकात कर निवेश आकर्षित करने की दिशा में ईमानदार प्रयास किए गए हैं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से गांधीनगर में औपचारिक भेंट की उन्होंने गुजरात सरकार के पारदर्शी प्रगतिशील प्रशासन और डिलीवरी सिस्टम के प्रयोगों की जानकारी हासिल की इस बीच आज मण्डी में भाजपा सदस्यता अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में मिले सशक्त व निर्णायक नेतृत्व को जनता ने दिल से स्वीकार किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य देश को परम वैभव की रिथिति में ले जाना है इसके लिए सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का सही ढंग से कार्यान्वयन होना बेहद ज़रूरी है केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि एनडीए सरकार ने कमोडिटी बाज़ार और इक्विटी को एक जैसा आधार प्रदान किया है इसके अलावा सरकार ने इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है जिसके परिणाम स्वरूप बाज़ार की पहुंच बढ़ी है अनुराग ठाकुर नई दिल्ली में रोज़गार सुजन और सतत विकास के लिए भारतीय कमोडिटी मार्केट का निर्माण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कमोडिटी बाज़ार को रोज़गार सुजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को सुरक्षित मैकेनिज्म प्रदान करने की जुरूरत है ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले की पनोह मरोला पंचायत में तारकोल प्लांट दो दिन में बंद करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यदि प्लांट बंद नहीं किया तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी वीरेन्द्र कंवर ने पूछा कि विभाग और पंचायत की अनुमति के बिना ये प्लांट कैसे चल रहा है इस संबंध में एक प्रतिनिधि मण्डल ने ग्रामीण विकास मंत्री को बताया कि तारकोल प्लांट से क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी हद तक रसायनिक कृषि को ज़िम्मेदार ठहराया है वे आज सोलन ज़िले के कठनी में योग साधना शिविर के शुभारम्भ पर बोल रहे थे उन्होंने आहार की शुद्धि के लिए विश्व में कृषि व्यवस्था को प्राकृतिक तौर पर करने की ज़रूरत पर बल दिया आचार्य देवव्रत ने कहा कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एकमात्र विकल्प प्राकृतिक खेती ही बचा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेशभर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया

प्राधिकरण की शिमला इकाई के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी ऐसी लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा

उन्होंने कहा कि ये योजना निर्धन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार हर मोर्चे पर कामयाब रही है मण्डी से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छोटे से कार्यकाल में जनता में जो विश्वास कायम किया है उसका नतीजा लोकसभा चुनावों में देखने को मिला है राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान जोरों पर है और लोग बड़ी संख्या में एसएमएस के माध्यम से पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में अस्पतालों में चिकित्सकों और अर्द्दचिकित्सा कर्मियों के खाली पद भरने का परामर्श जारी किया है इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों पर काम के अधिक बोझ को दूर करना और चिकित्सकों रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज्यों से दूर दराज इलाकों में कार्यरत चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्सा कर्मियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान करने को भी कहा गया है वन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने शिमला स्थित राजभवन में कल शाम राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की उन्होंने वन व परिवहन विभाग की गतिविधियों की राज्यपाल को जानकारी दी इस अवसर पर आचार्य देवव्रत ने प्रदेश में वृक्षारोपण और सड़क सुरक्षा अभियान के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया इस बीच वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मण्डी में जन समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की वर्तमान ज़रूरतों पर ध्यान देने के साथ साथ भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है

चम्बा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पंजपुला के समीप आज सुबह एक कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए एक अन्य दुर्घटना में चम्बा राठियार मार्ग पर बीती रात एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत का समाचार है वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल ने कहा है कि भाजपा का सदस्यता अभियान पार्टी और देश को सशक्त करने का अभियान है हमीरपूर जिले में सुजानपूर के सिकांदर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने सभी सदस्यों से नए सदस्य बनाने का आह्वान किया प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की कार्यकारिणी की बैठक आज शिमला में हुई संगठन के राज्य समन्वयक दीपक राठौर की अध्यक्षता में हई इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई

प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और आज भी अनेक भागों में मूसलाधार वर्षा हुई मौसम के इस मिजाज़ से जहां गर्मी से राहत मिल रही है वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्का भूस्खलन भी हुआ है वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है

भारी वर्षा के चलते नाले का पानी सड़क में आने से सोलन जिले में कण्डाघाट चायल मार्ग साधुपुल के समीप अवरूद्व हुआ है इसके अलावा रबौण में निर्माणाधीन फोरलेन के साथ लगते एक मकान में पानी भर गया जबकि सपरून में दो मकानों के गिरने का खतरा बन गया है लोगों ने इसके लिए फोरलेन कम्पनी की लापरवाही को ज़िम्मेदार ठहराया है राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज सुबह जमकर वर्षा हुई जबकि दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं

सतलुज नदी में जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए नाथपा बांध से किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है ऐसे में आपदा प्रबंधन सैल ने लोगों को एहतियात बरतने और नदी किनारे न जाने की सलाह दी है